राष्टप्रति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा द्रख व्यक्त किया है

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया वोह जून महीने से दिल्ली के ऐम्स में दाखिल थे कल से उनकी हालत नाज्क होने के कारण उन्हे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है श्री वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे वे चार दशकों तक सांसद रहे

म्ख्य निर्वाचन आय्क्त ओ पी रावन ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के च्नाव तब तक एक साथ नहीं कराए जा सकते जबतक संविधान में जरूरी संशोधन नहीं किये जाते आकाशवाणी के दिए साक्षात्कार में श्री रावत ने कहा कि ऐसे च्नाव तभी हो सकते है जबकि कानूनी ढांचा तैयार हो और जनता के प्रतिनिधित्व के कानून में संशोधन हो केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को अन्सूचित जाति अन्सूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में लागू कर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता महाधिवक्ता के के वेण्गोपाल ने प्रधानमंत्री न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ को बताया कि ऐसा कोई फैसला नही है जिसमें ये कहा गया है कि अन्सूचित जाति अन्सूचित जनजाति के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाए वोह एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि सम्दाय के क्छ लोगों की हालत स्धर च्की है लेकिन फिर भी जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी उन पर लगा हुआ है ऐसे लोगों के मामले में राष्ट्रपति तथा संसद की फैसला कर सकती है न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जन के प्रति दायित्व निभाने में जन स्वास्थ्य के म्ख्य अभियंता को सोनीपत के सदंर्भ में सभी शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए है सोनीपत में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों दवारा बरसात पूर्व शहर में पीने के पानी और गंदे पानी की निकासी के प्ख्ता प्रबंध में लगातार बरती जा रही कोताही प शहर स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन एवं म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन दवारा जिम्मेदार अफसरों पर कारवाई के लिए पत्र लिखा गया था म्ख्यमंत्री ने इस संज्ञान लेते हए सभी शिकायतों की जांच कर दस दिन में रिपोर्ट के निर्देश दिए है मुख्य अभियंता कविता जैन के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

पंचकूला प्रदेश का पहला ऐसा जिला है यहाँ के बस क्यू शेल्टर पर महिलाओं की स्रक्षा को लेकर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं इस बारे में जानकारी देते हए पंचक्ला नगर निगम के आयुक्त राजेश जोगपाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार काफी गंभीर है

उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले सेफ्टीपिन संस्था के सहयोग से पंचकला ज़िले में सर्वेक्षण करवाया गया था

इन्ही सभी तथ्यो के मद्देनज़र बस क्यू शेल्ट्रो का प्नर्निर्माण करने का निर्णय लिए गया है नए बस क्यू शेल्टर पारदर्शी होंगे इनमें दिन में प्रकृतिक रौशनी का पूर्ण प्रबंध भी किया गया है

श्री राव ने इस अवसर पर बताया कि ये थाना इस इलाके के लिए बहत आवश्यक था और इसके खुलने से इस इलाके के लोगों के बहत फायदा होगा उन्होंने बताया कि थानों में प्लिस बल और मूलभूत स्विधाएं तथा कई थानों के भवन बनाने पर विचार किया जा रहा है पलवल में जिला स्त्रीय बैठक में किसानों को अपने फसलों के अवशेष मशीनों दवारा ठिकाने लगाने सम्बधी योजना पर विचार किया गया पंचकुला के संयुक्त निदेशक आर पी सिहवाग ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हए कहा कि अपने खंडों के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना बारे जागरूक करे ताकि वोह फसल अवशेष न जलाकर सरकार दवारा दी जा रही अन्मोदित मशीनों का उपयोग करके जर्माने से बचे और प्रद्षण को कम करने में सहायक बने

अम्बाला में कृषि विभाग द्वारा आजादी मेरा अधिकार नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया फसलों के अवशेष न जलाने के लिए किसानो को प्रेरित करने के उद्देश्य उपकृषि निदेशक कार्यालय अम्बाला शहर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक असीम गोयल ने की असीम गोयल ने इस मौके पर किसानो को सम्बोधित करते हए कहा कि पर्यावरण प्रद्षण को रोकने और कृषि योग्य भ्रमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों का प्रबन्धन समय की सबसे बड़ी मांग है